प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले युवाओं की सराहना की पुरस्कार के लिए चयनित रांची की सविता कुमारी से भी की बात राज्य के सहायक उप निरीक्षक बनुआ उरांव को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रांची में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्मका में करेंगे ध्वजारोहण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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मताधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है उन्होंने देशवासियों से इस कीमती अधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आम तौर से लोग उन उपलब्धियों का मूल्य नहीं समझते जो उन्हें आसानी से मिल जाती है श्री कोविंद ने कहा कि इसके लिए हम देश के संविधान के निर्माताओं के ऋणी हैं उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान ही पिछले वर्ष बिहार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव का सफलतापूर्ण संचालन भारतीय लोकतंत्र का शानदान उदाहरण है

इस मौके पर निर्वाचन आयोग के वैब रेडियो हैलो वोटर्स की शुरूआत की गई

इस अवसर पर राज्यपाल ने स्टेट आइकान पदमश्री मुकृंद नायक श्रीमती अशुंता लकड़ा एवं अजय मल्कानी सहित दिव्यांग मतदाताओं वरिष्ठ मतदाताओं को सम्मानित किया

श्रीमती मुर्मू के द्वारा कई अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले युवाओं की सराहना की क्योंकि उन्होंने ये पुरस्कार कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान प्राप्त किये हैं आज युवा पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार केवल एक उदाहरण है कि छोटे छोटे विचारों के सही दिशा में काम करने से कैसे बड़े परिणाम आते हैं श्री मोदी ने कहा कि प्रस्कृत बच्चों की सफलता से कई लोग प्रोत्साहित होंगे उन्होंने कहा कि देश के अन्य बच्चे जो इन्हें देख रहे हैं और पुरस्क त बच्चों को सुन रहें वे भी इनकी सफलता से प्रोत्साहित होंगे श्री मोदी ने कहा कि सफलता के साथ लोगों को उदार होना चाहिए और विजेताओं को कभी गर्व नहीं करना चाहिए

कला और संस्कृति के क्षेत्र में सात नवोन्मेष में पांच शिक्षा में पांच खेल में सात वीरता के लिए तीन और केवल एक बच्चे को समाज सेवा क्षेत्र में कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया

गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष राज्य के सहायक उप निरीक्षक बनुआ उरांव को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है वीरता पुरस्कारों की श्रेणी में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले कर्मियों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सी आर पी एफ के सहायक उप निरीक्षक मोहन लाल को भी मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है

गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड्स के कर्मियों को शौर्य और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रपति पदक प्रदान किये जाते हैं

इनमें से आठ कर्मियों को उनके शौर्य के लिए अग्निशमन सेवा पुरस्कार और दो कर्मियों को वीरता के कार्यो के लिए अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया

राष्ट्रपति का संबोधन शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूर्च नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चौनलों से हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चौनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात साढे नौ बजे से किया जाएगा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संख्या पर आज राज नौ बजे राज्य की जनता के नाम आकाशवाणी के माध्यम से संदेश देंगी

पेश है हमारी रांची संवाददाता की रिपोर्ट